सत्र के दो दिनों तक चलने की संभावना है सत्र से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में दलीय नेताओं और कार्यमंत्रणा की बैठक हुई दलीय नेताओं की बैठक में कार्यकारी संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि जनहित के विषयों पर सदन के अन्दर विचार विमर्श किया जायेगा संसदीय कार्य संचालन नियमावली के अधीन वो विषय सदन के पटल पर रखे जायेंगे जिन विषयों पर राज्य की अपेक्षा रहती है इस दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ इन्दिरा हृदयेश ने कहा कि प्रदेश हित के मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाता है तो प्रतिपक्ष द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया जायेगा उन्होंने सदन को पूरी तरह से चलाने का आश्वासन भी दिया है

बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि सदन पूरी शालीनता से चलेगा

बैठक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधानमण्डल दल की बैठक में विपक्ष जनसमस्याओं को लेकर जो प्रश्न उठाएगा उनका जवाब सरकार देगी

इसके लिए लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जायेगी आज विधानसभा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भिशन रिस्पना ट्र ऋषिपर्णा के लिए भी सभी औपचारिकाताएं अन्तिम चरण में हैं रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं टिहरी झील में सी प्लेन के लिए अगले महीने तीन जुलाई को एमओयू हस्ताक्षरित किये जाएंगे उसके बाद टिहरी झील में सी प्लेन का रास्ता साफ हो जायेगा उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पिथौरागढ़ के मोस्टमानू में देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनाया जायेगा

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि उन्होंने नीति आयोग की बैठक में राज्यों के स्थानीय उत्पादों को मिड डे मील में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया है

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी का जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है अपने संदेश में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी डॉ मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उन्होंने कहा कि मजबूत और संगठित भारत के लिए डॉ मुखर्जी की सशक्त भावना हम सभी को प्रेरणा देती है और यह एक सौ तीस करोड़ भारतवासियों को शक्ति भी प्रदान करती है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य नेताओं ने भी नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए स्लग भाजपा बैठक ऋशिकेष में आयोजित भाजपा प्रदेष कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक के आखिरी दिन आज विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए बैठक में पारित प्रस्ताव में हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा की अभूतपूर्व सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राश्ट्रीय अध्यक्ष अभित षाह को बधाई दी गई

छह जुलाई से प्रदेष में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा जिसमें तीन लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है उन्होंने कहा कि पार्टी अनुषासन को लेकर काफी सख्त रूख अपना रही है और दो मामलों में संबंधित को नोटिस भी दिए गए हैं उत्तराखंड में होने जा रहे पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए कमेटी का भी गठन किया जा रहा है

यह देश का पांचवां कोस्टगार्ड भर्ती सेंटर होगा

आज डीजी कोस्टगार्ड राजेन्द्र सिंह ने इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार का अनुमति पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस भर्ती सेंटर के खुलने से युवाओं को कोस्टगार्ड में रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है कोस्टगार्ड एसडीआरएफ को आपदा से राहत और बचाव के तरीकों के लिए प्रशिक्षण भी देगा

इस भर्ती केन्द्र का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी नोएडा मुम्बई चेन्नई और कोलकाता में कोस्टगार्ड भर्ती सेंटर हैं देहरादून में खुलने वाला पांचवां कोस्टगार्ड भर्ती केन्द्र प्रदेश के जवानों को समर्पित होगा

इसके लिए गठित अंतरमंत्रालय समिति ने कृषि कायों में बदलाव और आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की है इनमें आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी शामिल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी किसानों की मदद के लिए एक सौ से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए हैं

इसका मकसद नीति को बेहतर बनाना है

राजकीय षिक्षक संघ राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिशद की ओर से आज नई षिक्षा नीति के प्रारूप पर चर्चा के लिए गोश्ठी आयोजित की गई देहरादून में आयोजित इस विमर्ष में षिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने नई नीति के प्रारूप की सराहना की साथ ही कहा कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर हो सके और बच्चे इन स्कूलों को न छोड़ें स्लग सीएम डोभाल मुलाकात उत्तराखंड के निजी दौरे पर आए राश्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की राजधानी देहरादून स्थित सीएम आवास में श्री डोभाल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें उत्तराखंड का गौरव बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री डोभाल के साथ ही देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर हमारे प्रदेश के लोग कार्यरत है यह हमारे लिये सम्मान की बात है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की सीमाएं दो देशों से जुड़ी हैं केन्द्र सरकार के सहयोग से सीमान्त क्षेत्रों के विकास में भी निश्चित रूप से मदद मिलेगी मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान राश्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि उत्तराखण्ड उनकी जन्मभूमि है

डीडीआरएफ टीम ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि ग्लेश्यिर में कोई झील नहीं है टीम ने ग्लेशियर की तस्वीरें भी भेजी हैं इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि तस्वीरों से स्पष्ट है कि चौराबाड़ी में कोई झील नहीं है हालांकि ग्लेश्यिर की तलहटी पर झील हो सकती है जिसके सर्वे के लिए जल्द ही वाडिया इन्सटीटयूट के वैज्ञानिकों की टीम पहुंचेगी